एक हजार आठ सौ चार संदिग्धों के नमूने किये गये एकत्र

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी आपदा अधिनियम अठारह सौ संतानवे में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने तथा स्वास्थ्यकर्मियों के चोटिल होने पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है अध्यादेश में उत्पीडन शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हिंसा माना जाएगा

गृहमंत्री अमितशाह द्वारा चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के मात्र एक दिन के अंदर सरकार ने इस अध्यादेश को लागू कर दिया है लोगों ने बड़े पैमाने पर चिकित्सा कर्मियों का पूरा सहयोग किया है लेकिन उनके मनोबल को बनाये रखने के लिए कड़े प्रावधानों की आवश्यकता के मदेनजर इस अध्यादेश को लाया गया अधिकतम डॉक्टरों नर्सों और पैरामेडिकित्स की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इन प्रावधानों के तहत राज्यों को अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों को भी शामिल करने का अधिकार दिया है अध्यादेश में सात साल तक के कारावास और हिंसा और क्षति के मामलों में दो लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है

आईएमए की बिहार शाखा के उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने सरकार के इस पहल की सराहना की है

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी कोविड उन्नीस महामारी से देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा और उन्हें नुकसान पहुंचाने को सहन नहीं किया जाएगा साउंड बाईट आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरैस्मेन्ट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिये उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश लागू करने का फैसला हुआ है यह संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत ना मिलने वाला होगा तीस दिन में इसकी इन्वेस्टीगेशन पूरी होगी सीनियर इन्सपेक्टर के लेवल पर ही इन्वेस्टीगेशन होगी और एक साल में फैसला आयेगा और कड़ी सजा का प्रावधान किया है श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के दोषियों को तीन से पांच महीने की कैद तथा पचास हजार से दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को छह महीने से सात वर्ष की कैद और एक लाख से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के दस नये मामलों की प्रष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक सौ तिरपन हो गयी है नये मामलों में से चार मुंगेर के जमालपुर से हैं जबकि छह मामला रोहतास के सासाराम से है मुंगेर और नालंदा जिले में सबसे अधिक इकतीस इकतीस मरीजों की पुष्टि हुई है सीवान में उनतीस पटना में सोलह बेगूसराय में नौ बक्सर में आठ रोहतास में सात गया और भागलपुर में पांच पांच गोपालगंज और नवादा में तीन तीन सारण पूर्वी चम्पारण भोजपुर बांका वैशाली और लखीसराय में एक एक मरीज मिले हैं इनमें से वैशाली और मुंगेर के एक एक मरीज की मौत हो गयी है जबकि चौवालीस स्वस्थ भी हुये हैं एक सौ सात मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है संक्रमण का फैलाव अब सत्रह जिलों तक हो गया है इधर घर घर सर्वेक्षण अभियान के तहत अब तक पैंसठ लाख इकसठ हजार से अधिक घरों का सर्वे किया जा चुका है सर्वे के दौरान सर्दी खांसी और बुखार वाले दो हजार दो सौ चौवन लोगों की पहचान हुई है इनमें से एक हजार आठ सौ चार लोगों के नमूने एकत्र कर लिये गये हैं देश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर इक्कीस हजार सात सौ हो गयी है इनमें से चार हजार तीन सौ पच्चीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि छह सौ छियासी लोगों की मौत हो गयी हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश के अठहत्तर जिलों में पिछले चौदह दिनों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि सरकार की रणनीति के कारण नये मामलों के आने की रफ्तार में कमी आयी है

कोविड अस्पतालों की संख्या अब तीन हजार सात सौ तिहत्तर हो गयी हैं जबकि एक लाख चौरानवे हजार आईसोलेशन बेड की व्यवस्था की गयी है आईसीयू में अभी छब्बीस हजार छह सौ चौवालीस बेड हैं जबकि बारह हजार तीन सौ इकहत्तर वेंटिलेंटर भी तैयार हैं इधर राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर लोगों से नहीं घबराने की अपील की है

इतना बड़ा देश है इतने प्रांत हैं उनमें फर्क भी है फिर भी लगता है कि जितना हमें ये खतरा पहले आशंका थी उस गति से तो नहीं बढ़ रही है ये लॉकडाउन का असर पड़ चुका है ब्रेक लग चुके हैं और संभावना है कि ये वायरस की गति हम बदल सकते हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है और आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ रही हैं गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ वैसे इलाके जो कन्टेनमेंट जोन नहीं हैं वहां विभिन्न गतिविधियों का संचालन शुरू हो गया है

कोविड उन्नीस की रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ तीसरी वीडियो कांफ्रेंस है केंद्र सरकार ने कोविड उन्नीस के कारण कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी है कोविड उन्नीस के कारण उत्पन्न संकट के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कि पहली जनवरी दो हजार बीस से दिये जाने योग्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा पहली जुलाई दो हजार बीस और पहली जनवरी दो हजार इक्कीस से दिये जाने योग्य मंहगाई भत्ते और मंहगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान भी नहीं किया जाएगा हालांकि मौजूदा दर पर मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत जारी रहेगी अररिया जिले के बैरगाछी में एक चौकीदार के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार और कृषि समन्वयक राजीव कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है बैरगाछी चौकी के प्रभारी हरेन्द्र सिंह ने सरकारी काम में बाधा डालने और चौकीदार को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है इधर नवादा के हिसुआ विधायक अनिल सिंह के दो सरकारी अंग रक्षकों को भी निलंबित कर दिया गया है उन पर सरकारी वाहन से कोटा जाने का आरोप है पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने लोगों से सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करने की अपील की है उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यों से कोरोना संक्रमण के विरूद्व लड़ाई कमजोर होती है श्री पांडेय ने कहा कि जो भी ऐसा करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी

वहीं एक हजार चार सौ आठ प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं सैंतीस हजार आठ सौ नवासी वाहनों को जब्त किया गया है जबकि आठ करोड़ अठहत्तर लाख रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है बेगूसराय में निर्धारित मात्रा से कम अनाज देने के आरोप में एक जन वितरण प्रणाली दुकानदार का लाईसेंस रद्द कर दिया गया है जबकि चौवन के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है राज्य सरकार ने कोटा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे छात्रों की सुविधा के लिये एक हेल्पलाईन की शुरूआत की है छात्र दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो नौ चार छह शून्य शून्य पर संपर्क किसी भी प्रकार की सहायता मांग सकते हैं लॉकडाउन के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सहायता से लोगों के दैनिक जीवन की जरूरतों के साथ साथ उनके कामकाज में भी मदद हो रही है कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी के साथ बातचीत की

पूर्व से समय पर बिल भुगतान में दी जाने वाली डेढ़ प्रतिशत की छूट की भी सुविधा मिलती रहेगी इस तरह अब ऑनलाईन बिल भुगतान पर साढ़े तीन प्रतिशत छूट दी जा रही है इस सुविधा का लाभ तीस जून तक मिलेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे

श्री मोदी इस अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरूआत करेंगे

केन्द्र सरकार ने मध्याहन भोजन योजना के तहत दी जाने वाली राशि में ग्यारह प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है अब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को चार रूपये सत्तानवे पैसे जबकि मध्य विद्यालय के छात्रों के लिए सात रूपये पैंतालीस पैसे प्रति छात्र की दर से राशि दी जायेगी

एक हजार आठ सौ चार संदिग्धों के नमूने किये गये एकत्र